भाजपा ने प्रदेश के मौजूदा राजनैतिक संकट के लिए मुख्यमंत्री को ठहराया जिम्मेदार

प्रदेश में मानसून के सक्रिय होने से कई जिलों में हुई अच्छी बारिश पूर्वी राजस्थान में भारी बारिश की चेतावनी

मुख्य संचेतक महेश जोशी ने विधायकों को बैठक में शामिल होने के लिए व्हीप जारी किया है इससे पहले केल देर रात मुख्यमंत्री ने अपने आवास पर विधायकों और मंत्रियों को मिलने के लिए बुलाया

उन्होंने विश्वास जताया कि सरकार के पास पर्याप्त समर्थन है दूसरी ओर उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के कार्यालय से कल देर शाम व्हाट्सएप के जरिये मीडिया को संदेश दिया गया कि गहलोत सरकार बहुमत खो चुकी है तथा वे आज होने वाली बैठक में भाग नहीं लेंगे

इस बीच कल देर शाम कांग्रेस के प्रदेश प्रभारी अविनाश पांडे कांग्रेस के वरिष्ठ नेता रणदीप सुरजेवाला तथा अजय माकन जयपुर पहुंच गये और मुख्यमंत्री आवास पर देर रात तक बैठकों का दौर जारी रहा मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री के बीच ताजा विवाद की वजह राजस्थान पुलिस के स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप द्वारा बयान लेने के लिए जारी किये गये नोटिस को माना जा रहा है

श्री पूनिया ने मुख्यमंत्री पर निशाना साधते हुए कहा कि मुख्यमंत्री स्वयं राज्य के गृहमंत्री भी हैं और पुलिस द्वारा किसी को नोटिस दिया जाना उनके इशारों पर ही हुआ है उन्होंने ने प्रदेश कांग्रेस पर आरोप लगाया कि कांग्रेस पार्टी इस प्रकरण में जनता का ध्यान भटकाने के लिए ही बार बार भाजपा को घसीट रही है

गृहमंत्री ने हरियाणा के गुरूग्राम में आज केन्द्रीय सशस्त्र पुलिसबल के राष्ट्रव्यापी वृक्षारोपण अभियान की शुरूआत की इस अवसर पर उन्होंने कहा कि दुनिया के अत्यधिक विकसित देशों में कोरोना महामारी के कारण स्वास्थ्य सेवाएं प्रभावित हुई

इस दौरान अधिकारियों और कर्मचारियों को घर से ही काम करने को कहा गया है

न्यायालय की जोधपुर पीठ के कुछ कर्मचारियों में कोरोना की पुष्टि होने के बाद एतिहातन यह निर्णय लिया गया इस बीच पुलिस महानिदेशक जेल बी एल सोनी भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए है वे हाल ही में प्रतापगढ़ जिला कारागार के दौरे पर गए थे श्री सोनी के संपर्क में आने वाले लोगों की भी जांच की जाएगी

बोर्ड अध्यक्ष डॉ डी पी जारौली सुबह सवा ग्यारह बजे जारी करेंगे बोर्ड ने हाल ही में बारहवीं के विज्ञान वर्ग का परिणाम घोषित किया था

शिक्षा संकुल में होने वाले कार्यक्रम में वे स्टाफ परिवेदना मॉड्यूल और एन आइसीसीआई चौट बॉक्स का लोकार्पण भी करेंगे शिक्षा मंत्री समग्र शिक्षा अभियान से जुड़े कार्यों की समीक्षा भी करेंगे

आकाशवाणी जोधपुर के फोन इन कार्यक्रम में श्रोताओं से बात करते हुये उन्होने कहा कि घर का पानी घर में और खेत का पानी खेत में रोकने के साथ ही पानी के प्र्नउपयोग की दिशा में भी हमें पहल करनी होगी

मौसम विभाग के अनुसार कल रात जयपुर सहित पूर्वी राजस्थान में कई स्थानों पर बारिश हुई

बूंदी में हुई तेज बारिश से लोगों को गर्मी और उमस से राहत मिली है कोटा झालावाड़ में भी बारिश से लोगों के चेहरे खिल गए बांसवाड़ा में देर रात बूंदाबादी के साथ शुरू हुआ रिमझिम बारिश का दौर जारी है विभाग ने अगले दो दिनों में पूर्वी राजस्थान के कई जिलों में भारी बारिश की संभावना जताई है

इसीलिए घर से बाहर हमेशा मास्क पहने और दो गज की दूरी बनाए रखें बार बार हाथ धोयें या सेनेटाइजर से साफ करें